केन्द्रीय वित्त आयोग दौरा पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के सदस्यों ने आज राजधानी रायपुर में पंचायती राज संस्थाओं नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने आयोग के सदस्यों के सामने विकास कार्यों की प्राथमिकताओं और उसके लिए राशि की जरूरत के बारे में अपनी मांगें रखीं आयोग को बताया गया कि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लेखित पीआरआई के उनतीस कार्यों को राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया है दूसरे एफएससी की प्रमुख सिफारिशों में राज्य के अपने कुल राजस्व के आठ प्रतिशत का हस्तांतरण शामिल हैं जिसमें से छह दशमलव एक पांच प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं और एक दशमलव आठ पांच प्रतिशत शहरी निकायों को देने का प्रस्ताव है वहीं आयोग को यह भी बताया गया कि संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित अट्ठारह में से पन्द्रह कार्यो को राज्य में शहरी स्थानीय निकायो को हस्तांतरित कर दिया गया है दूसरे एफएससी की सिफारिशों के अनुसार राज्य के शुद्ध कर राजस्वों के एक दशमलव आठ पांच प्रतिशत को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई है जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान योग्य गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के निर्धारण को मंजूरी दे दी है एफआरपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है मंत्रिमंडल समिति ने प्रतिक्विंटल दो रूपए पचहत्तर पैसे का प्रीमियम प्रदान करने की भी मंजूरी दी है मोटर वाहन संशोधन विधेयक लोकसभा ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को ध्वनि मत से पारित कर दिया है इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने थर्ड पार्टी बीमा संबंधी मुद्दों के समाधान कैब संचालन कंपनियों के नियमन और सड़क सुरक्षा का प्रावधान किया गया है इस विधेयक में प्रावधान है कि दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण एक घण्टे के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को कैशलेस उपचार मिलेगा विधेयक हिट एण्ड रन मामलों में न्यूनतम मुआवजा राशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव करता है मौत हो जाने की स्थिति में मुआवजा पच्चीस हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये और गंभीर चोट की स्थिति में साढ़े बारह हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये किया गया है आयकर रिटर्न समय सीमा वित्त वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इकतीस जुलाई से बढ़ाकर इकतीस अगस्त कर दी गई है सरकारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है कि यह फैसला ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद किया गया कि कुछ करदाताओं को विभिन्न कारणों से आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयां आ रही हैं इनमें एक कारण यह भी है कि मूल्यांकन वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए फॉर्म सिक्सटीन जारी करने की तारीख बढ़ा दी गई थी

श्री जस्टर रायपुर में स्थित माओवाद से प्रभावित बच्चों के संस्थान प्रयास आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत् स्कूली बच्चों से मिलने पहुंचे इस दौरान श्री जस्टर ने बच्चों से चर्चा की तथा उनके सवालों के जवाब दिए श्री केनेथ आवसीय प्रयास विद्यालय के छात्रों के बेहतर परिणामों से प्रभावित हुए और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी अट्ठाईस जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम सुबह ग्यारह बजे प्रसारित होगा श्री मोदी ने लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है

मुख्यमंत्री ने समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए इस मौके पर एक हजार एक सौ उनयासी लोगों ने व्यक्तिगत रूप से और नवासी प्रतिनिधिमंडलों में एक हजार तीन सौ इकहत्तर लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की श्री बघेल ने लगभग साढ़े पांच बजे तक लोगों की समस्याएं सुनीं जन चौपाल में मुख्यमंत्री को कई लोगों ने डायवर्सन के प्रकरणों के निपटारें के लिए आवेदन दिए जिसे मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए कार्यक्रम में केन्द्रीय जेल रायपुर की दो महिला बंदियों की नन्हीं बालिकाओं ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की श्री बघेल ने इन बालिकाओं को स्कूल बैग और शैक्षणिक सामग्री भेंट कर स्कूल के लिए रवाना किया मुख्यमंत्री ने इन बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं किसान बीज खाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने अधिकारियों को किसानों को उचित दर पर अच्छी गुणवत्ता के बीज उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि यह राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसे अभियान के रूप में चलाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर उड़नदस्तों का गठन भी किया है गौरतलब है कि राज्य स्तरीय उड़नदस्तों ने राज्य के रायपुर महासमुंद और राजनांदगांव के आठ अलग अलग स्थानों पर छापामार कर अमानक खाद और बीज विक्रताओं के खिलाफ कार्रवाई की है हिरासत मौत निलंबित कबीरधाम जिले के कलेक्टर अवनीश शरण ने आबकारी विभाग की हिरासत में एक युवक की मौत के मामले में आबकारी उपनिरीक्षक सहित दो आरक्षकों को निलंबित कर दिया है उन्होंने इस मामले में न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए हैं श्री शरण ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह और जिला आबकारी अधिकारी से मिले प्रतिवेदन के बाद यह कार्रवाई की है गौरतलब है कि कल आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने ग्राम बेंदा निवासी एक युवक को अवैध शराब के संबंध में पूछताछ के लिए आबकारी नियंत्रण कक्ष में रखा था जहां इस युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पुलिस हिरासत में हो रही मौतों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है उन्होंने कहा है कि सरकार इन मौतों की जांच में गंभीरता दिखाए श्री कौशिक ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार के बीते छह महीनों के कार्यकाल में अब तक सात संदिग्ध मौतें पुलिस और आबकारी हिरासत में हुई हैं पत्रकार अधिमान्यता प्रदेश में कार्यरत् पत्रकारों के लिए बनाए गए नये अधिमान्यता नियम प्रभावशील हो गए हैं अब विकासखंड स्तर के समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को भी जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता प्रदान की जाएगी इसी तरह राज्य के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकारों को भी मानद अधिमान्यता प्रदान करने का प्रावधान नये अधिमान्यता नियमों में किया गया है आयुक्त सह संचालक जनसंपर्क तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि अधिमान्यता नियमों में व्यापक परिवर्तन किया गया है नये अधिमान्यता नियमों में प्रिंट मीडिया के अलावा टीवी न्यूज चैनल्स न्यूज पोर्टल समाचार पत्रिकाओं आदि के संवाददाताओं फोटोग्राफर और कैमरामैन को अधिमान्यता दिए जाने का प्रावधान किया गया है उच्च न्यायालय चिटफंड छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने चिटफंड मामले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने संबंधी दायर याचिका को खारिज कर दिया है इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता की अदालत में हुई उन्होंने इस मामले में किसी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया गौरतलब है कि अंबिकापुर सत्र न्यायालय ने चिटफंड मामले में अभिषेक सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी चिटफंड एफआईआर चिटफंड मामले में महासमुंद के बाद अब राजधानी रायपुर में भी दो कंपनियों सन साईन इंफ्राबिल्ड और कापोर्रेशन लिमिटेड तथा सांई प्रसाद के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं राजेन्द्र नगर थाने में दर्ज एफआईआर में करीब आधा दर्जन आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी के नाम शामिल हैं इन अधिकारियों पर आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट और सेबी की रोक के बावजूद चिटफंड कंपनी पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई लैंगिक समानता कार्यशाला छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ग्रामीण परिवारों के आजीविका संवर्धन और महिला सशक्तिकरण के साथ ही अब लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी मिशन द्वारा राज्य के चौदह जिलों के अट्ठारह विकासखंडों में लैंगिक समानता के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी इसकी रणनीति तैयार करने के लिए राजधानी रायपुर में कल राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया